इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे जनमंच कार्यकम का जिम्मा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विमाग को सौंपा गया है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए पैरामैडिकल स्टॉफ की भी भर्ती की जायेगी मुख्यमंत्री कल देर सांय शिमला स्थित आईजीएमसी की सीसीए की सांस्कृतिक संध्या तथा वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी के सभागार का नाम अटल सभागार रखने की औपचारिक रस्म पूरी की

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना व प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन समाचार के यूट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी यह उपलब्ध रहेगा राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज सोलन जिले में अर्की उपमण्डल के कुनिहार दौरे पर जाएंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान वे राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार में नशामुक्ति आंदोलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे राज्यपाल एक पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल के चलते ऊना में डाक वितरण का कार्य कृछ शाखाओं व डाकघरों में प्रभावित हुआ है ऊना के डाक अधीक्षक सतपाल सिंह जसवाल ने लोगों से महत्वपूर्ण डाक और पैसों के लेन देन को उप डाकघर व मुख्य डाकघर लेखा कार्यालय से करने का आग्रह किया है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई आईपीएच विभाग की आपात बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है सूबे के पांच जिलों में गंभीर जल संकट टैंकरों से पानी देने के आदेश दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रदेश में सूखे की स्थिति टैंकरों से पानी की सप्लाई के निर्देश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आईपीएच अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट पंजाब केसरी लिखता है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्याप्त पानी देने के निर्देश दिए जलसंकट पर केंद्र सरकार से जवाब तलब शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है आईपीएच का जवाब देखने के बाद हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र इसी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है उच्च न्यायालय ने पानी की कमी पर चिंता जताई बताएं कि लंबित योजनाओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं

दैनिक जागरण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है कसौली हत्याकांड में विमागीय जांच पर भी कार्रवाई जल्द

एचपीसीए की टीम में एंट्री को घूस का खेल शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है लाहुल स्पीति की टीम में सिलेक्शन को छह लाख का ऑफर ऑडियो वायरल होने से मचा हड़कंप अमर उजाला के शब्द हैं किकेट टीम के चयन को लाखों के लेन देन का ऑडियो वायरल राहत का स्पर्श देती तीन योजनाएं आज होंगी शुरू जन मंच गृहिणी सुविधा योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को मुख्यमंत्री आज करेंगे लॉन्च शीर्षक से दैनिक जागरण ने खबर प्रकाशित की है शिमला की नैसर्गिक सुंदरता के कायल हुए महामहिम दैनिक सवेरा टाईम्स की एक खबर है इसी खबर पर दिव्य हिमाचल लिखता है दिल में हिमाचल लेकर दिल्ली लौटे राष्ट्रपति अजीत समाचार के अनुसार शिमला प्रवास से वापस दिल्ली लौटे राष्ट्रपति

एक नजर संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि प्रदेश में यदि सही मायनों में विकास करना है तो हर विमाग के गुण दोष को देखना होगा तभी प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और बजट को भी राहत मिलेगी शीर्षक है कड़क मुद्रा में जयराम सरकार दैनिक जागरण अपने संपादकीय राहत भरे फैसले में लिखता है कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले ऐसे रहे जिनका लंबे समय से इंतजार था